विदेशी मेहमानों से पूर्वजों की धरती के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का किया आग्रह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सम्मेलन का करेंगे समापन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रघानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दो हजार उन्नीस किए प्रदान

प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हवाओं के साथ वर्षा से तापमान में आई गिरावट और ठण्ड बढ़ी

कल वाराणसी में पन्द्रहवें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने भारतवंशियों से कहा कि वे अपने पूर्वजों की धरती के विकास में अपनी भूमिका बढ़ायें साथियों मैं आपको भारत का प्रैड एम्बेस्डर मानने के साथ ही भारत के सामर्थ और भारत की क्षमताओं देश की विशेषताओं का प्रतिनिधि भी और प्रतीक भी मानता हूं इसलिए ही आप अभी जिस देश में भी रह रहे हैं वहां के समाज को भी आपने अपनापन दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने भारतवंशियों के हित में कई कदम उठाये हैं जिनमें पासपोर्ट सेवा के क्षेत्र में कुछ नई सुविघाएं और ई वीजा की योजना शामिल है बीते साढ़े चार वर्षों के दौरान संकट में फंसे दो लाख से ज्यादा भारतीयों को सरकार के प्रयासों से दुनिया के मिन्न मिन्न देशों में मदद पहुंचाई गई आपकी सोशल सिक्सूरिटी के साथ साथ पासपोर्ट वीजा पीआईओ और ओसीआई कार्ड को लेकर भी तमाम प्रक्रियाओं को आसान करने की कोशिश सरकार कर रही है प्रघानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना भी शुरू करने जा रही है बाइट अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से भी आपका जुड़ाव और मजबूत हो इसके लिए प्रवासी तीर्थदर्शन योजना की भी शुरूआत की जा रही है आप जिस भी देश में रहते हैं वहां से अपने आसपास के कम र्स कम पांच परिवार और वह भी नॉन इंडियन भारत आने के लिए प्रेरित करिए आपका यह प्रयास देश में ट्रिज्म बढ़ाने में अहम भूमिका निमाएगा प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया इससे पहले सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए विदेश मंत्री सुरमा स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की छवि एक मजबूत राष्ट्र के रूप में तेजी से उमरी है उन्होंने प्रवासी भारतीय दिवस शुरू करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी स्मरण किया इस प्रवासी भारतीय दिक्स के जन्मदाता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति को अपना प्रणाम निवेदन करती हूं मित्रों ये प्रवासी भारतीय दिवस उन्हीं की देन है

सम्मेलन के मुख्य अतिथि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगनाथ ने अपना भाषण हिन्दी में शुरू करते हए कहा कि यह सम्मेलन द्वियामर के भारतवशियों का सबसे महत्वपूर्ण समागम है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल की विश्ववर में सराहना की गई है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी में हो रहे इस आयोजन को सौभाग्य का विषय बताया उन्होंने इस अवसर पर विकसित होती काशी का भी जिक्र किया

प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाने सहित विभिन्न मुद्रों पर बातचीत की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वाराणसी पहुंचेंगे यहां वे प्रवासी भारतीय दिवस पर समापन समारोह को सम्बोवित करेंगे और प्रवासी भारतीय सम्मान प्रस्कार प्रदान करेंगे पन्द्रहवें भारतीय प्रवासी दिव्स के सिलसिले में भारत आए मेहमानों के कल प्रयागराज में कुंम मेले में स्वागत करने की सभी तैयारियों पूरी हो गई हैं वाराणसी में तीन दिन के प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आए मेहमानों के कृंष मेले में हिस्सा लेने का कार्यक्रम है उन्हें कड़ी सुरक्षा में वाराणसी से प्रयागराज ले जाया जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में बच्चों को वर्ष दो हजार उन्नीस के लिए प्रघानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए ये पुरस्कार दो श्रेणियों बालशक्ति और बाल कल्याण के अंतर्गत दिए जाते हैं विभिन्न क्षेत्रों में चुने गए छबीस बच्चों को बाल शक्ति पुरस्कार प्रदान किए गए जिनमें से एक पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया पुरस्कार पाने वालों में माधव लवकारे ईहा दीक्षित रियांगी पाठक निशांत धनखड़ और निखिल जित्री शामिल थे दो व्यक्तियों और तीन संस्थाओं को बाल कल्याण पुरस्कार प्रदान किए गए निर्वाचन आयोग ने दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज कर ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ पर स्वघोषित साईबर विशेषज्ञ के दावे की जांच करने को कहा है पुलिस को लिखे पत्र में मीडिया की खबरों का उल्लेख किया गया है रिपोर्ट में कहा गया है कि कथित साईबर विशेषज्ञ ने लंदन में एक कार्यक्रम में दावा किया कि वह ईवीएम मशीनों को तैयार करने वाली टीन का हिस्सा था और वह भारत में चुनावों में इस्तेमाल किये जाने वाले ईवीएम मशीनों को हैक कर सकता है आयोग ने कहा है कि स्वघोषित विशेषज्ञ का बयान भारतीय दंड संहिता का उल्लंघन है और इस मामले की उवित ढंग से जांच होनी चाहिए आयोग ने कहा कि वह द्र्भावना से प्रेरित ऐसे सम्मेलनों में शामिल होने से हमेशा दूर रहा है और इलेक्ट्रॉनिक योटिंग मशीनों में किसी तरह की कमी न होने के तथ्यों पर अडिग है भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लंदन में इस तरह के संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की मौजूदगी के लिए कांग्रेस की आलोचना की ई श्री नकवी ने नई दिल्ली में पत्रकारों से कहा कि कपिल सिबल वहां अकस्मात नहीं पहुंचे थे बल्कि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भेजा था ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता बल्कि कांग्रेस पार्टी के दिमाग को कुछ भारत विरोची ताकतों ने हैक कर लिया है और वह एक सुनियोजित साजिश और षज्वंन के तहत विदेशों में जा करके देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को देश के पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुकी चुनावी व्यवस्था को बदनाम करने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं इस बीच कांग्रेस ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की हैकिंग पर लंदन में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में पार्टी नेता कपिल सिब्बल की मौजूदगी से खुद को अलग कर लिया है पार्टी नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि श्री सिब्बल को सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था लेकिन वे वहां कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं गए थे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तथा प्रदेश के विमिन्न स्थानों पर हवाओं के साथ हो रही बारिश के कारण सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर मेरठ बरेली आगरा बदायूं मुरादाबाद पीलीभीत और बिजनौर सहित कई इलाकों में बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है राजधानी लखनऊ में भी कल सुबह से आकाश में बादल छाये रहे और कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बूंदाबादी भी हुई दिन के तापमान में गिरावट के कारण ठण्ड बढ़ गयी है पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल रात से बारिश हो रही है गोरखपुर सहित कई जिलों में आज तड़के गरज चमक के साथ वर्षा हो रही हैं कई जिलों में खराब मौसम के चलते कक्षा आठ तक के समी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिये गये हैं कृषि वैज्ञानिकों ने इस बारिश को गेहँ चना मटर मसूर और गन्ने की फसलों के लिये लाभकारी बताया है